देश में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को एक मार्च से लगाया जाएगा कोरोना का टीका

जैसलमेर मरू महोत्सव में आज भी होंगे कई रंगारंग और आकर्षक कार्यक्रम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

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट को घोषणाओं का अंबार बताते हुए कहा कि बजट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मध्यावधि चुनाव में जाने वाली है भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर ने कहा कि यह बजट बेरोजगार किसान और आमजन के साथ छलावा है प्रदेश के नागरिकों को निराशा हाथ लगी है वहीं भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉ अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कार्य योजना बनाई गई है भाजपा े के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरी घोषणाएं करके झूठी वाहवाही लेने का प्रयास किया है प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा मदन दिलावर सुशील कटारा ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल पर वैट को कम करने का भी कोई प्रावधान मुख्यमंत्री ने नहीं किया है

सांसद राजेन्द्र गहलोत और रामचरण बोहरा ने कहा कि यह बजट युवा और बेरोजगारों के साथ धोखा है इनके लिए कोई नीति प्रस्तुत नहीं की गई भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि बुनियादी बिंदुओं को छोड़कर इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बजट में न कोई नई घोषणा की गई और न ही पहले से जारी किसी योजना को मजबूती देने पर ध्यान दिया गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बजट को लोकलुभावना बताया और कहा कि इसके धरातल पर क्रियान्वयन होने के कोई आसार नहीं है वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट को आमजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला विकासोन्मुखी बताया परिवहन मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा फैसला ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू करना है

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास को गति प्रदान करने वाला बजट बताया जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने बजट को प्रदेश के विकास को गति देने वाला बताया वहीं आमजन ने बजट मे घोषित विभिन्न प्रावधानों का स्वागत किया है

कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि यह टीका दस हजार सरकारी अस्पतालों में निशुल्क लगाया जायेगा बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों के लिए लोगों को शुल्क देना होगा

प्रदेश में कल कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों की तुलना में कम रही

राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई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

कल ओसियां विधानसभा क्षेत्र के खेतासर गांव में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनरत किसानों से बातचीत के लिए तैयार है जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव में आज सोनार किले से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी ये यात्रा नगर के मुख्य मार्गो से होती हुई शहीद पूनमसिंह स्टेडियम पहुंचेगी

इनमे साफा बांधो मूमल महेंद्रा मूंछ प्रतियोगिता मिस मूमल और भिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता मुख्य है रात में गड़ीसर सरोवर पर म्यूजिकल नाईट में प्रस्तुतियां दी जाएगी

विद्यार्थी अब स्कूलों में ही इनकी त्रुटियों का संशोधन करा सकेंगे बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली ने कल अजमेर में पत्रकारों को बताया कि बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है